समारोह में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति सहित कई अन्य न्यायाधीश भी मौजूद हैं इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जोधपुर मे एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करते हए कहा कि एम्स के जरिये लोगों को कम लागत मे अच्छा उपचार मिल रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि र्मेडिकल विद्यार्थियों की दिल्ली एम्स के बाद जोधपुर एम्स दूसरी पसंद है यह सब यहां की फैंकल्टी की मेहनत का नतीजा है

इसका उद्देश्य अगले वर्ष पहली अप्रैल से लागू की जाने वाली नयी रिटर्न व्यवस्था के बारे में लोगों के विचार जानना है केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष प्रणब कुमार दास ने आकाशवाणी को बताया कि फीडबैक सत्र में सभी प्रमुख वाणिज्य और उद्योग परिसंघ करदाता संगठन और कर अनुपालन से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे

रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह सुविधा अवकाश सहित वर्ष के सभी दिनों में उपलब्ध रहेगी

प्लॉगिंग का अर्थ जॉगिंग करते हुए रास्ते से कूड़ा कचरा साफ करते चलना है कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक कचरा हटाने और आसपास स्वच्छता बरतने के प्रति लोगों में जागरुकता लाना है

गृह मंत्रालय ने मौजूदा साल के लिए स्वतंत्र और विस्तृत सर्वे के बाद देश के दस सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों का चयन किया है पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने इस उपलब्धि पर बकानी के थानाधिकारी सहित थाने के सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी है

पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने बताया कि इन अपराधियों से एक लौडेड देशी पिस्तोल लालमिर्च पाउडर और एक लोहे का सरिया बरामद किया है

देश के मान सम्मान की रक्षा करने वाले शहीदों और सैनिकों के सम्मान में प्रतिवर्ष सात दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है इस दिन सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन जुटाया जाता है झंडा दिवस के दिन जुटाए गए धन का उपयोग सेवारत सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किया जाता है

प्रतापगढ जिले के टेरिया खेडी गांव के बलराम सिंह को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है